तीस अप्रैल तक रहेगा प्रभावी

मार्च दो हजार इक्कीस में इन बचत योजनाओं पर जो ब्याज दर थी वह जारी रहेगी

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें देश भर में आज से पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा इसको लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ कोविड उन्नीस टीकाकरण अभियान और इसकी तैयारियों की समीक्षा की बैठक में कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों की पहचान करने पर विचार विमर्श किया गया राज्यों से कहा गया है कि वे निजी क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों की नियमित रूप से समीक्षा करें ताकि उनकी टीकाकरण क्षमता की जानकारी प्राप्त हो सके समीक्षा बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि टीके की बर्बादी एक प्रतिशत से भी कम रखी जाए और वैक्सीन का भंडारण ज्यादा दिनों तक नहीं किया जाए इसके साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि वैक्सीन का इस्तेमाल शीघ्र कर लिया जाए ताकि इसकी समयावधि समाप्त होने से पहले ही यह इस्तेमाल में आ जाए बैठक में कोविड टीकाकरण पर उच्चाधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर आर एस शर्मा ने कहा कि वैक्सीन के भंडारण में कोई समस्या नहीं है उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी खुराक के लिए वैक्सीन को बचाकर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को इसकी लगातार आपूर्ति करते रहें राज्य सरकार ने भी पैंतालीस वर्ष से अधिक के सभी लोगों को टीका लगाने के अभियान को लेकर विशेष तैयारी की है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय आज पटना स्थित इंदिरा गांधी आयूर्विज्ञान संस्थान में टीकाकरण अभियान की श्रूआत करेंगे टीकाकरण अभियान को लेकर सभी सिविल सर्जनों को पहले ही निर्देश दिये जा चुके हैं पटना जिले में एक सौ साठ केन्द्रों पर आज से टीकाकरण की शुरूआत होगी कोविड उन्नीस महामारी पर कारगर तरीके से काबू पाने के लिए गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश आज से लागू हो गये हैं और तीस अप्रैल तक लागू रहेंगे इन दिशानिर्देशों का मुख्य जोर महामारी की रोकथाम में मिली बड़ी सफलता को और मजब्रत करना है महामारी की रोकथाम में मिली सफलताएं सक्रिय मामलों की संख्या में पिछले पांच महीनों से आ रही लगातार गिरावट से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं देश के कुछ भागों में कोविड उन्नीस के मामलों में फिर से तेजी को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के ताजा दिशानिर्देशों में राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासनों के लिए जांच निगरानी और इलाज पर कडाई से अमल करना जरूरी हो गया है राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लोग कोविड सम्बंधी एहतियातों का पालन करें और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान तेज किया जाए

फेस मास्क पहनना हाथों की सफाई सामाजिक दूरी को सख्ती से लागू करने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्र उपयुक्त जुर्माना लगाने सहित प्रशासनिक कदम उठाने पर विचार कर सकते हैं

लोगों और सामान के अंतर राज्य और राज्यों के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा यात्री ट्रेनों द्वारा आवाजाही होटल और रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल मल्टीप्लेक्स एंटरटेनमेंट पार्क और योग केंद्र और जिम प्रदर्शनियां सभाएं और जनसभाएं जैसी सभी गतिविधियों के लिए अनुमति हैं आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रदेश में अब तक अट्ठाईस लाख तीन हजार दो सौ पांच लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जा चुका है पिछले चौबीस घंटों में इक्यानवें हजार तीन सौ उनतालीस व्यक्तियों को कोरोना के टीके लगाये गये इनमें सतासी हजार पच्चीस व्यक्तियों को पहला डोज जबकि चार हजार तीन सौ चौदह व्यक्तियों को कोरोना टीका का दूसरा डोज दिया गया इधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में दो सौ उनसठ नये मरीजों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक पटना में छिहत्तर मामले सामने आये हैं प्रदेश में अभी सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार पांच सौ उनासी है देशभर में छह करोड तैतालीस लाख से अधिक लोगों को कोविड उन्नीस से बचाव का टीका लगाया जा चुका है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि अब तक कुल छह करोड तैंतालीस लाख अंठावन हजार सात सौ पैंसठ लोगों को टीका लगाया गया है इसमें बयासी लाख सैंतालीस हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज दी गई है जबकि बावन लाख अड़तीस हजार से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है इसके अलावा अग्रिम पंक्ति के इक्यानवें लाख चौंतीस हजार से अधिक कोरोना योद्वाओं ने पहला टीका लगवाया है जबकि उनतालीस लाख तेईस हजार से अधिक ने दूसरी डोज ली है देश में कोरोना संक्रमण का पहला मरीज मिलने के बाद से आकाशवाणी समाचार जागरुकता फैलाने में आगे रहा है आकाशवाणी समाचार ने पिछले वर्ष मार्च में विशेष लोक संपर्क कार्यक्रम कोरोना जागरुकता श्रृंखला शुरू की इस श्रंखला में नीति आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय कोविड कार्यबल के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने देश में एक बार फिर बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी लोगों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया

हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बचाना है अगली पीढियों को बचाना है इसलिए मास्क को अपनाएं दो गज की दूरी रखें अपनी हाथ की और मुंह की सफाई रखें स्वच्छता रखें वैक्सीन जिन जिन के लिए अब उपलब्ध हो गया यो वैक्सीन अपनाएं

सबसे बड़ी बात आप ये एंश्योर करते हो कि जो बात आप पहुंचाएंगे वो कारगर होगी सच्ची होगी और सीधे जनहित की बात आप करते हो से कार्य कर केन्द्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है वित्त मंत्री ने कहा है कि लघ् बचत योजनाओं पर ब्याज दर मार्च इक्कीस के अनुसार जारी रहेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक ट्वीट में कहा कि भारत सरकार दो हजार बीस इक्कीस की अंतिम तिमाही में प्रचलित लघु बचत ब्याज दरें जारी रखेगी केन्द्र सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर तीस जून तक कर दी है आयकर विभाग ने कहा कि कोविड महामारी को देखते हुए एकबार फिर तिथि बढ़ायी गयी है वाणिज्यकर विभाग ने वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में बाईस दशमलव तीन पांच प्रतिशत अधिक कर संग्रह किया है विभाग की सचिव सह आयुक्त प्रतिमा ने बताया कि कल समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में विभाग ने बत्तीस हजार करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त किया है जबकि वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में विभाग ने छब्बीस हजार एक सौ छियासठ करोड़ रूपये का राजस्व संग्रह किया था उन्होंने कहा कि कर संग्रह को प्रोत्साहित करने के लिए करदाताओं को कई तरह की सहूलियत भी दी गयी थी एसटीएफ ने पटना और जहानाबाद में छापेमारी कर हथियार और विस्फोटक के साथ पांच नक्सलियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से छह सौ नौ डेटोनेटर एक रायफल तीस हैंड ग्रेनेड तीन ग्रेनेड लांचिंग बेस और नक्सली साहित्य बरामद किये गये हैं एडीजी अभियान सुशील खोपड़े ने कहा कि ख्रफिया विभाग की सुचना पर एसटीएफ ने कार्रवाई की उन्होंने कहा कि गिरफ्तार नक्सली अन्य नक्सलियों को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करता था राजधानी पटना समेत प्रदेश के अनेक इलाकों में पुरवा हवा चलने से गर्मी से राहत मिली है मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी भाग में दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रभाव था जबकि दक्षिणी भाग में उत्तरी पश्चिमी हवा बह रही थी कल प्रदेश में अधिकतम तापमान गया में सैंतीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया पटना मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक नीरज चंद्रा ने बताया है कि अगले चौबीस घंटों में भी मौसम की यही स्थिति बनी रहेगी

बिजली कंपनी के सूत्रों ने बताया कि खेती के लिए बिजली कनेक्शन देने को एक हजार तीन सौ अठासी कृषि फीडर बनाये जा रहे हैं जिनमें से साढ़े बारह सौ फीडर बन चुके हैं बिहार लोक सेवा आयोग इकतीसवीं न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा आठ से बारह अप्रैल के बीच आयोजित करेगा इस परीक्षा में लगभग आठ हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे रोहतास जिले के डेहरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से करीब साढ़े बारह हजार लीटर विदेशी शराब जब्त की है पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि मौके से दो शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है अररिया जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने इकतीस कार्टन विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है जमुई जिले के चरका पथल थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने बताया कि नक्सली के खिलाफ कई थानों में प्राथमिकी दर्ज थी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना टीकाकरण से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने नवादा में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से हुई मौत की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है नवादा में नौ लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत दैनिक जागरण ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है पंचायत चुनाव में कोरोना से मौत पर तीस लाख मुआवजा दैनिक भास्कर ने कोरोना टीकाकरण से जुड़ी खबर को शीर्षक बनाते हुए लिखा है बिहार की पच्चीस प्रतिशत आबादी अब लगवा सकेगी टीका प्रभात खबर ने आर्थिक खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है टोल प्लाजा पर आज से देना होगा पन्द्रह रूपये तक का अधिक शुल्क दैनिक आज की सुर्खी है बालू पचास प्रतिशत होगा महंगा राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है आम आदमी की जिंदगी में आज से होंगे कई बदलाव

तीस अप्रैल तक रहेगा प्रभावी

मार्च दो हजार इक्कीस में इन बचत योजनाओं पर जो ब्याज दर थी वह जारी रहेगी